अब तक चार हजार पांच सौ इकहत्तर लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई हिस्सों में अच्छी बारिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जून से शुरू किये गये अनलॉक वन के बाद देश में कोविड उन्नीस महामारी की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के उपायों पर मुख्यमंत्रियों के साथ आज संवाद किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर किये गये फैसलों से इस महामारी को फैलने से रोकने में काफी सहायता मिली है

कल वे बिहार के मुख्यमंत्री सहित पन्द्रह राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस जांच और इलाज की सुविधा बढने से इस महामारी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने में मदद मिली है

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर है न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छह हजार सात सौ छत्तीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी किये गये पहले बुलेटिन में कहा गया है कि चौहत्तर लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दस नये मामले बेगूसराय जिले में सामने आये हैं वहीं भागलपुर में नौ अरवल और समस्तीपुर में आठ आठ लोगों में इस महामारी की पुष्टि हुई है जबकि भोजपुर पटना खगड़िया किशनगंज नवादा जिले में तीन से लेकर पांच मामले सामने आये हैं वहीं जहानाबाद मुजफ्फरपुर नालंदा रोहतास सुपौल औरंगाबाद बांका दरभंगा कैमूर कटिहार लखीसराय मुंगेर पूर्णिया शिवहर वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले से भी कोरोना के नये मामलों की पुष्टि हुई है इस महामारी में अब तक चार हजार पांच सौ इकहत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं उनतालीस लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में अब तक एक लाख तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढकर बावन दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है अब तक एक लाख अस्सी हजार तेरह संक्रमित रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार दो सौ पन्द्रह लोग स्वस्थ हुए जबकि एक लाख तिरेपन हजार एक सौ अठहत्तर रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के दस हजार छह सौ सड़सठ नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या तीन लाख तैंतालीस हजार इक्यानवे हो गई है मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है विशेषकर राज्य के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक अस्सी मिलीमीटर वर्षा अररिया जिले के फारबिसगंज में रिकॉर्ड की गयी किशनगंज पूर्णिया कटिहार और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है मधुबनी दरभंगा सुपौल छपरा नालंदा गोपालगंज और शिवहर में भी तीस मिलीमीटर से पचपन मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है इधर जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि खैरा और झाझा प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आकर चार लोगों की मौत हो गयी लगातार बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बरबीघा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बेरासी पर कीचड़ जमा हो जाने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है कटिहार जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निचले इलाकों में पानी फैल गया है इससे खेत में लगी फसल और सब्जियां डूब जाने से किसानों को नुकसान हुआ है इधर जिले में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के लिए जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी अभियंताओं की छूटटी रदद कर दी गयी है वहीं बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी को कांवर झील से जोड़ने के लिए बगरस में बनाए गए स्लुईस गेट के पुल में रिसाव होने से आसपास की आबादी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि बरसाती नदी गंगटी के उफान के कारण बांका और मुंगेर को जोड़ने वाले शंभुगंज असरगंज सड़क मार्ग पर डायवर्जन बह गया है इससे यातायात बाधित है वहीं बांका शहर के पूर्वी छोर पर स्थित चानन नदी पर बना पुल लगातार बारिश के कारण धंस गया है इससे आवाजाही पूरी तरह ठप्प हो गयी है

मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण जिले को गोपालगंज से जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने सत्तर घाट पुल का उद्घाटन किया इसके निर्माण पर दो सौ तिरेसठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयी है लंबे समय से निर्माणाधीन इस पुल के खुल जाने से तिरहुत और सारण प्रमंडल के करोड़ों की आबादी को लाभ मिलेगा श्री कुमार ने लखीसराय जिले में सड़क बाईपास और चानन प्रखंड में किऊल नदी घाटी सिंचाई योजना के तहत कुंदर बराज का उद्घाटन किया इसके अलावा उन्होंने सूर्यगढ़ा प्रखंड में विभिन्न सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने रोहतास जिले में एक सौ बाईस करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने सासाराम बाईपास के निर्माण कार्य की भी शुरूआत की जाने माने फिल्म अभिनेता व मॉडल मिलिंद सोमन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की शुरूआत करने की अपील की है बाईट जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार योग

राज्य कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना से एक अरब बीस करोड़ की राशि स्वीकृत की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया आज की बैठक में कुल नौ प्रस्ताव पर मुहर लगी राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री और जदयू नेता जावेद इकबाल अंसारी आज राजद में शामिल हो गये पटना में आयोजित कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अंसारी के अलावा पूर्व विधायक विक्रम कुंवर पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता और अन्य को पार्टी की सदस्यता दिलायी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया श्री सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की बक्सर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए राम रेखा घाट पर मुंडन संस्कार में भीड़ जमा करने के आरोप में तीन नाविकों और दो पुजारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कटिहार जिले में अवैध तरीके से बीज की बिक्री के आरोप में तीन विक्रेताओं का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है वहीं जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर अज्ञात अपराधियों ने स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी

अब तक चार हजार पांच सौ इकहत्तर लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई हिस्सों में अच्छी बारिश